कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के तीन आसान उपायों का संकल्प लें

एनएच उद्वाटन केंद्रीय जल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुजफ्फरनगर हरिद्वार और देहरादून जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का वर्चुअल उद्वाटन किया

इसमें देहराद्रन मुजफ्फरनगर हरिद्वार और हरिद्वार से देहरादून और रुड़की से वाया भगवानपुर होते हए देहरादून राष्ट्रीय मार्ग परियोजना शामिल है इस अवसर पर कई अन्य परियोजनाओ का शिलान्यास भी किया इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद थे उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को आज बड़ी सौगात मिली है उन्होंने कहा कि जल्द ही हरिद्वार को रिंग रोड भी मिलेगी इन परियोजनाओं से देहरादून और हरिद्वार के लोगों को दिल्ली आने जाने में बहत समय कम समय लगेगा

उन्होंने कहा कि टनकप्र से पीलीभीत तक विद्युत चलित कार्य पूरा हो गया है जल्द यहां से इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन भी होगा इस अवसर पर मौजूद राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास में यह रेल सेवा अहम साबित होगी

बेटी बचाओ बेटी पढाओ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए सतत प्रयास कर रही है आज मुख्यमंत्री देहरादून में आयोजित भारतीय संस्कृति एवं उसका महत्व और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में शामिल हुए

उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत उधम सिंह नगर देश के टॉप टेन जिलों में चुना गया है उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और आगे बढ़ाना होगा मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में चारे की समस्या के लिए मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना श्रू की गई है जिसका म्ख्य उद्देश्य महिलाओं के सिर से घास का बोझ खत्म करना है उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलायें अब पैतृक सम्पति में सह खातेदार होंगी जिससे उनको नये कारोबार और अन्य कार्यों के लिए ऋण मिलने सुविधा होगी

जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण ने शौचालयों के निर्माण को स्वीकृति दी है करीब दो महीने के अंदर नए शिक्षा सत्र में जिले के इन स्कूलों में अलग महिला शौचालय बनकर तैयार हो जाएंगे

उन्होंने कहा कि गर्भवती और धात्री महिला सहित कोन्ट्राइन्डिकेशन के मामलों को छोड़कर जो अधिकारी कर्मचारी वैक्सिनेशन नहीं करवा रहे हैं उन्हें हरिद्वार क्रम्भ क्षेत्र में न रखा जाए मुख्य सचिव ने कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले प्लिस और पैरामिलिट्री कार्मिकों का भी त्रंत वैक्सिनेशन किया जाना स्निश्चित किया जाए

मुख्य सचिव ने उनके रहने की व्यवस्था अस्पतालों के आसपास करने के निर्देश दिये

राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की अध्यक्षता में हई बैठक में यह निर्णय लिया गया

राज्यपाल ने पुष्प प्रदर्शनी में बच्चों के लिए दो घण्टे आरक्षित करने के निर्देश दिये इस दौरान गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जायेगा राज्यपाल ने निर्देश दिये कि प्रदर्शनी प्रष्प उत्पादकों के लिये अधिक उपयोगी बनायी जाय इंडोर प्लांट हर्बल और एरोमैटिक प्लांट की नई कैटेगरी भी प्रदर्शित की जाय इसके अलावा महत्वपूर्ण पौधों और जड़ी बूटियों का विवरण और उनका उपयोग भी डिस्प्ले किया जाएगा

जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कहा कि कल के स्नान में भारी भीड़ आने की संभावना है इसलिए सभी प्रवेश द्वारों पर यात्रियों की आकस्मिक कोरोना जांच की जाएगी साथ ही जिन प्रदेशों में कोरोना महामारी का अधिक प्रकोप चल रहा है उन राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों से कोरोना महामारी संबंधी जांच की रिपोर्ट भी साथ लाने की सलाह दी गई है इसके अलावा जगह जगह ब्रूथ लगाकर लोगों की सैंपलिंग की जाएगी जिन लोगों में कोरोना के लक्षण मिलेंगे उन्हें या तो वापस भेजा जाएगा या चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी प्लिस महानिरीक्षक संजय ग्रंज्याल ने बताया कि हरिद्वार क्षेत्र को कई जोन और सेक्टर में बांट कर जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की जा रही है कृंभ मेले के लिए आई पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग की गई जिसमें कल होने वाले स्नान की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी गई पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि की जिला प्रशासन की ओर से जारी एसओपी को लागू करने के लिए कार्रवाई की जाएगी साथ ही आने वाले यात्रियों और वाहनों की भीड़ का प्रबंधन करने के लिए विशेष यातायात प्लान भी लागू किया गया है हवाई पद्दी चौख़टिया क्माऊं मण्डल आयुक्त अरविन्द सिंह ह्यांकी ने अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया में प्रस्तावित हवाई पट्टी क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया उन्होंने कहा कि इस हवाई पट्टी के बन जाने से यहां पर रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे उन्होंने कहा कि चौख्टिया ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के पास होने और सीमान्त इलाके से जुड़ा होने के कारण सैन्य सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है उन्होंने कहा लोगों के पुनर्वास रोजगार भूमि के मुआवजे का सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जायेगा और किसी भी प्रभावित का नुकसान नहीं होने दिया जायेगा संक्षिप्त समाचार च्नाव आयोग ने असम केरल तमिलनाइ पश्चिम बंगाल और प्इचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीख़ की घोषणा कर दी है

यह सभी राज्यमंत्री स्तर के दर्जाधारी होंगे मुख्यमंत्री ने बद्रीपुर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में करोड़ों रुपये की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया